राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा सरकार के प्रयासों से जल्द प्राकृतिक कृषि प्रदेश बनकर उभरेगा हिमाचल विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए कई कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार

उन्होंने इस जीत का श्रेय पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता जनादेश को स्वीकार करने की बजाए अपनी हार का कारण ईवीएम को बता रहे हैं जिससे उनकी दोहरी मानसिकता प्रदर्शित होती है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी रैली को सम्बोधित किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर सहित अन्य नेता व गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा आर्थिक गणना का कार्य पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की प्री गणना की जाती है

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आज एक प्रशिक्षण शिविर के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से जहां फसल की उत्पादन लागत लगभग शून्य हो जाती है वहीं किसानों को उत्पादों के मूल्य भी अधिक मिलते हैं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस कार्यक्रम में पूरी रूचि लेते हुए इसे मिशन के रूप में लिया है

इसमें प्रदेश भर से विद्युत विभाग के पैंशनरों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की बिंदल ने कहा कि सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में अहम भूमिका है और पैंशनरों की उचित मांगों को सरकार तक प्रमुखता से पहुंचाया जाएगा

अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दस जुलाई तक यह फॉर्म जारी कर सकेंगे

जिला भाजपा महासचिव अजय शर्मा ने बताया कि अनुराग ठाकुर का हमीरपुर के गांधी चौक और नादौन उपमण्डल मुख्यालय पर जोरदार स्वागत किया जाएगा उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है

एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में हर वर्ष दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा किया था उसे इस कार्यकाल में पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है राठौर ने कहा कि लोगों ने भाजपा को उम्मीद से ज्यादा समर्थन दिया है ऐसे में बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए

वे आज शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित पर्यावरण उत्कृष्ठता प्रस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पर्यावरण संबंधित कई चुनौतियां हैं और प्रकृति को नुकसान से बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार की जरूरत है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में संत निरंकारी चैरिटेबल फांउडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी मांग है और इस दिशा में समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है सोलन में एक कार्यक्रम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि पर्यावरण का मानव जीवन से अटूट संबंध है और यदि पर्यावरण नष्ट होगा तो मानव जाति पर भी गम्भीर संकट आएंगे बिलासपुर में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है

खण्ड विकास अधिकारी व नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक लाल सिंह ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया

इस दौरान लेखकों ने पर्यावरण परिवर्तन के द्ष्प्रभाव और इसके संरक्षण को लेकर परिचर्चा की इधर प्रैस क्लब शिमला और हिमधरा पर्यावरण समूह ने भी शिमला में मीडिया कार्यशाला लगाई इसमें हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट पर गहन विचार विमर्श किया गया

इस अवसर पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्याओं सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव के अंतिम दिन कल विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे इसके अलावा हैरिटेज वॉक यूथ रॉक बैंड प्रतियोगिता और कठपुतली प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र रहेंगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे

यह त्यौहार आपसी भाईचारे क्षमा व उदारता का प्रतीक है इस मौके पर शिमला समेत प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता की गई नाहन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता की इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिरकत की उन्होंने लोगों को ईद की बधाई दी और कहा कि ईद त्याग तपस्या और समर्पण का प्रतीक है उधर चम्बा में विभिन्न समुदाय के लोगों ने ईद के मौके पर गले मिलकर खुशी का इजहार किया अंजुमन ईस्लामिया कमेटी की चम्बा इकाई के अध्यक्ष दिलदार अली शाह ने बताया कि चम्बा में इस त्यौहार को लोग मिलजुल कर उत्साह के साथ मनाते हैं

पार्टी नेता संजय चौहान ने राज्य सरकार से नुकसान का तुरंत आंकलन कर प्रभावित किसानों और बागवानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है

राठौर ने कहा कि वे जल्द ही लाहौल स्पिति का दौरा करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है